प्रदेश के डेढ़ लाख किसानों को सिंचाई के लिए दिया जायेगा मुफ्त मोटर पम्प

राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में समाज कल्याण विभाग के आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है सरकार ने सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की बिहार लोक सेवा आयोग से अनुमति मांगी है जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उसमें सभी अतिरिक्त निदेशक स्तर के हैं इन सभी के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी राज्य सरकार प्रदेश के सभी आश्रय गृहों का संचालन स्वयं करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि आश्रय गृहों के संचालन में अनियमितता की शिकायतों के बाद यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को दस लाख रूपये आर्थिक मदद दिये जाने की मंजूरी दे दी है इस राशि में पांच लाख रूपये अनुदान और पांच लाख रूपये ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में होगी वहीं कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा डेढ़ लाख रूपये से बढ़ा कर ढ़ाई लाख रूपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए अलग दस्ते के गठन को भी मंजूरी दी है राज्य सरकार प्रदेश के डेढ़ लाख किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त मोटर पम्प देगी ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि तीन हॉर्स पावर के इन पम्पों का सरकार पांच साल तक रख रखाव भी करेगी प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन पावर ग्रीड के माध्यम से किया जायेगा सूत्रों ने बताया कि योजना के लागू होने पर बिहार किसानों को निःशुल्क पम्प देने की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हो जायेगा

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीविका द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को सात प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने का आग्रह किया है साथ ही उन्होंने ऋण की सीमा विभिन्न चरणों में तीन से दस लाख रूपये करने और समूह के सदस्यों को बैंकों से दस हजार रूपये ओवर ड्राफ्ट की सूविधा दिये जाने की भी मांग की है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन्हें पार्टी में रहना है उन्हें इसके बुनियादी ढांचे को स्वीकार करना होगा पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि सभी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है लेकिन ये बातें उचित प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें कहीं और जाना हो तो वे इसके लिए स्वतंत्र हैं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध पूरी तरह बेबुनियाद है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक अजय कुमार प्रसाद और उनके परिवार की सम्पत्तियां जब्त की जायेंगी पटना स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में यह आदेश सुनाया है अजय कुमार प्रसाद को वर्ष दो हजार नौ में एक लाख रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था इसके बाद निगरानी जांच ब्यूरो ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें करोड़ों रूपये की चल अचल सम्पत्ति का पता चला था माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के दौरान हंगामे के कारण चार केन्द्रों की परीक्षा रद्द कर दी गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित एलपी शाही कॉलेज गोपालगंज के महिन्द्र महिला कॉलेज और आरएम कॉलेज सहरसा केन्द्र की पहली पाली की परीक्षा रद्द की गयी है वहीं एएन कॉलेज पटना केन्द्र की दूसरी पाली की परीक्षा रद्द हुई है श्री किशोर ने बताया कि अब ये परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में ली जायेगी उन्होंने परीक्षार्थियों द्वारा विषय से बाहर के सवाल पूछे जाने के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने कहा है कि राजस्थान और उसके आस पास बने एक चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के बिहार में प्रवेश करने के कारण बारिश की सम्भावना है प्रर्वान्मान मे कहा गया है कि आसमान साफ होने के बाद कल से घना कोहरा छाया रहेगा और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका को देखते हुये नेपाल से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सीतामढ़ी मध्रबनी अररिया किशनगंज और सुपौल जिले में स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अधिकारियों को जोगबनी फारबिसगंज और रक्सौल के प्रवेश द्वारा पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं श्री कुमार ने कहा कि एहतियात के तौर पर हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है पटना हवाई अड्डे पर डॉक्टरों की दो टीमों की तैनाती की गयी है इधर पीएमसीएच में कोरोना वायरस के संक्रमण के संदेह में भर्ती छात्रा की स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर संपर्क करने को कहा है उन्होंने कहा कि शन्यू एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छह नम्बर डायल कर चौबीस घंटे कार्यरत कॉल सेंटर से सम्पर्क किया जा सकता है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर अब तक लगभग पैंतीस हजार यात्रियों की जांच की जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण की किसी भी मरीज में पुष्टि नहीं हुई है नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि बेगूसराय मोकामा और बड़हिया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि इसके लिए ग्यारह सौ करोड़ रूपये की निविदा जारी कर दी गयी है बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव की औपचारिक शुरूआत होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह का उद्घाटन करेंगे महोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश के हजारों श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी परवेज अंसारी को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है वहीं बेतिया की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी सिकंदर पटेल को दस वर्ष कठोर कारावास और तीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई पाटलिपुत्र खेल परिसर में सम्पन्न उनतालीसवीं बालक और तेईसवीं बालिका राष्ट्रीय सब जूनियर कृश्ती प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में हरियाणा की टीम चैंपियन बनी है इन दोनों ही वर्ग में महाराष्ट्र की टीम दूसरे स्थान पर रही रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार की टीम ने मेघालय के खिलाफ छियानवे रनों की बढ़त हासिल कर ली है बिहार ने मेघालय की टीम को पहली पारी में एक सौ उनासी रनों पर समेट दिया वहीं बिहार की टीम ने द्रसरी पारी में दो विकेट पर सड़सठ रन बना लिये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां भड़काऊ भाषण और देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की गिरफ्तारी आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है शरजील इमाम जहानाबाद से गिरफ्तार दिल्ली पुलिस आज पटना से लेकर जायेगी दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है सुप्रीम कोर्ट को तय करना है सीएए संवैधानिक है या असंवैधानिक दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है अड़तीस जिलों में सिर्फ पटना के दो सरकारी अस्पतालों में हार्ट अटैक का इलाज इसलिए हर साल बीस हजार मौत प्रभात खबर की सुर्खी है सत्रह फरवरी से हड़ताल पर जायेंगे राज्य के शिक्षक दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर के निधन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

प्रदेश के डेढ़ लाख किसानों को सिंचाई के लिए दिया जायेगा मुफ्त मोटर पम्प